आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का सहित सभी आरोपियों को सात सात साल की कैद और पचास पचास लाख रूपये जुर्माने की सजा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उच्चस्तरीय बैठक हई बैठक में व्यापार निवेश रक्षा तथा सुरक्षा आतंकवाद से निपटने ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया भारत और अमरीका ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं इनमें मानसिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के बारे में समझौता ज्ञापन और एलएनजी के निर्यात के लिए एक्सन मोबिल तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच समझौता शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने भारत अमरीका संबंधों को व्यापक वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है श्री मोदी ने कहा है कि चौबीस रोमियो हैलीकॉप्टरों की खरीद को भी अंतिम रूप दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढती रणनीतिक भागीदारी को दर्शाता है उन्होंने कहा कि दोनों देश नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमरीका ने आतंकवाद के समर्थकों को भी आतंकवाद का दोषी ठहराने के प्रयास तेज करने का फैसला किया है झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए छब्बीस मार्च को चुनाव होंगे निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा की चुनाव की अधिसूचना छह मार्च को जारी होगों तेरह मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्रों की जांच सोलह मार्च को होगी और अठारह मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे जबकि मतगणना छब्बीस मार्च को ही होगी और नतीजे भी इसी दिन आ जाएंगे जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य से निर्दलीय सांसद परिमल नाथवाणी और राजद के प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल नौ अप्रैल को खत्म हो रहा है झारखंड की दो सीटों के अलावा अन्य सोलह राज्यों में तिरेपन सीटों के लिए भी छब्बीस मार्च को मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीपक प्रकाष को झारखंड प्रदेष का अध्यक्ष मनोनीत किया है श्री प्रकाष इससे पहले महामंत्री पद की कमान संभाल रहे थे जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्षन के बाद प्रदेष अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने नैतिक जिर्म्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था तब से यह पद खाली था

आज पहले दिन उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रांची रामगढ़ गुमला लोहरदगा सिमडेगा और खूंटी जिले के सिविल सर्जनों और अन्य पदाधिकारियों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति में तेजी लाने का निर्देष दिया यह समीक्षा अठाईस फरवरी तक चलेगी लातेहार जिले के हेरहंज थानाक्षेत्र के सासंग और बिकरा जंगल से सुरक्षा बलों ने दो देसी बंद्रक और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट रंजीत प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा बलों की टीम सर्च अभियान चला रही थी इसी दौरान हथियार और विस्फोटक बरामद किये गये उन्होंने बताया कि ये आपत्तिजनक चीजें उग्रवादियों द्वारा छिपाकर रखी गयी थी राष्ट्रीय समर स्मारक की आज पहली वर्षगांठ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष पच्चीस फरवरी को दिल्ली स्थित यह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था उन्होंने कहा था कि यह उन शहीदों की स्मृतियों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय समर स्मारक देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्वांजलि है उन्होंने कहा कि देश हमेशा इन शहीदों का ऋणी रहेगा

आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनके परिजनों को सात सात साल की कैद की सजा सुनायी गयी है सीबीआई की विषेष अदालत ने दोषियों पर पचास पचास लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माने की राषि नहीं देने पर सभी को एक एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होर्गी अदालत ने श्री एक्का की तमाम संपत्तियों को अटैच करने का भी आदेष दिया है इस मामले में एनोस एक्का सहित उनके छह रिष्तेदार आरोपी थे जिनमें उनकी पत्नी मेनन एक्का भी शामिल हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है हजारीबाग जिले में हजारों किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं

राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज से मौसम बदल गया है आसमान में बादल छाये हए हैं और गरज के साथ बारिष हो रही है कई इलाकों में धूल भरी आंधी भी चली पलाम गढ़वा और हजारीबाग जिले में भारी ओलावृष्टि की खबर है गढ़वा जिले के मझिआंव और बरडीहा प्रखंड में ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है पलामू में भारी ओलावृष्टि को देखते हुए उपायुक्त शांतन् कमार अग्रहरि ने चैनपुर प्रखंड की सेमरा पंचायत जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया

इस दौरान उन्होंने स्वलिखित पुस्तक शोध प्रबंध मुख्यमंत्री को भेंट की प्लवामा आतंकी हमले में शहीद विजय सोरेंग की पत्नी और उनके बच्चों ने भी आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार शहीदों के परिजनों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी

इस सिलसिले में आज अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार के नेतृत्व में मंदिर न्यास समिति के पुजारियों के साथ बैठक की

लातेहार जिले के महुआडांड़ थानाक्षेत्र के चंपा गांव में कल देर रात नक्सलियों ने एक सड़क निर्माण कंपनी के कैम्प पर हमला कर दिया

गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में आज दाल भात केन्द्र की शुरूआत की गयी

इस केन्द्र पर लोगों को सस्ती दर पर भोजन मिलेगा साहिबगंज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है तीनों को पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है